प्रधानमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से गृह प्रवेशम पट्टिका जारी की और एक साथ समी घरों का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के करोड़ों लोगों में अपना घर होने का सपना साकार होने का विश्वास जगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए हरसंभव कार्य कर रही है मैं सम्रस्ता हूं कि गरीबी को पराजित करना है गरीबी से बाहर निकलना है तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है और हमारी कोशिस यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब को अपनी लड़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है उसका परिणाम भी नजर आने लगा है इन सभी आवासों का निर्माण कोविड नाइन्टीन महामारी काल की चुनौतियों के बीच किया गया है उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से धार सीधी सिंगरौली और ग्वालियर जिलों के कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ही नहीं है बल्कि ये गरीबों में आत्मविश्वास भरने की भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से निर्धनों का सपना पूरा करने के लिए इस योजना में अन्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सभी कोविड बेड़स को सक्रिय रखने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल साइंसेंज अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कोविड नाइन्टीन के मरीजो के उपचार के लिए करें मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे श्री योगी ने कोविड नाइन्टीन के नियंत्रण में कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग और मेडिकल टेस्टिंग की भूमिका पर बल देते हए इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में वेंटीलेटर समेत सभी मेडिकल उपकरण क्रियाशील होने चाहिए अस्सी नई स्पेशल यात्री रेलगाडियां आज से शुरू हो गयी है ये रेलगाडियां पूरी तरह आरक्षित हैं इनके लिये बुकिंग इस महीने की दस तारीख से पहले ही शुरू हो चुकी है रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां मौजूदा तीस स्पेशल राजधानी की तरह की रेलगाड़ियों और दो सौ स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी

इन रेलगाड़ियों में वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस लखनऊ राताब्दी और गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस भी शामित हैं ये रेलगाड़ियां पहले से चलाई जा रही तीस स्पेशल राजघानी और दो सौ स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त हॉगी

रेलवे देश के विमिन्न क्षेत्रों से मांग और प्रतीक्षा सुवियों पर नजर रख रहा है जरूरत पड़ने पर उचित समय में और रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं

केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामलों की संख्या कल संक्रमित व्यक्तियों के एक चौथाई से भी कम रह गई है फिलहाल करीब साढ़े दस लाख कोविड मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि स्वस्थ हए लोगों और वर्तमान रोगियों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है छत्तीस लाख से अधिक कोविड रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छट्टी दी जा चुकी है केन्द्र सरकार ने वायरल हो रहे उस टवीट का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि भारत चीन तनाव की खबरों के बीच पिछले पैंतालिस वर्षो में पहली बार अस्सी हजार से ज्यादा सैनिकों ने स्वास्थ्य कारणों से अवकाश के लिए आवेदन किया है एक टवीट में पत्र सुचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि यह खबर झूठी है भारतीय सेना के जन संपर्क अपर महानिदेशक के हवाले से पीआईबी ने कहा है कि भारत चीन तनाव के बीच सैनिकों ने स्वास्थ्य कारणों से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया है जौनपुर जिले के मडियाहं कोतवाली क्षेत्र के सुइथा गांव में आज दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से एक महिला सहित उसके दो बच्चों की जलकर मृत्यु हो गयी पुलिस के अनुसार कूलर में शॉर्ट सर्किट से कमरे में आग लग गई जिससे यह द्वघटना हई पुलिस ने मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है